मुख्य सचिव ने की आपदा जोखिम को कम करने के लिए चार योजनाओं की शुरूआत जयराम ठाकुर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में नाबार्ड के योगदान को सराहा कल से प्रदेशवासियों को फिर करना पड़ सकता है प्रचंड शीतलहर का सामना

मुख्यमंत्री आज शिमला में प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके विभागों से संबंधित बजट में घोषित नई योजनाओं को वे अपने अधीन लें और निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाएं मुख्य सचिव मुख्य सचिव बीकेअग्रवाल ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में भूकंपरोधी सामुदायिक भवनों और अन्य ढांचों के निर्माण के लिए उपयुक्त नक्शे बनाने पर ज़ोर दिया है मुख्य सचिव आज शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा जोखिम को कम करने को लेकर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे

इन योजनाओं में राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण बढ़ई और बार बांइडर्ज़ को जोखिम प्रतिरोधी निर्माण का प्रशिक्षण जीवन उपयोगी इमारतों का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट अस्पताल सुरक्षा और आपदा तैयारी व प्रतिकिया के लिए युवा स्वयंसेवकों के कार्यबल गठित करना शामिल है

ये कार्य बल किसी भी आपदा के समय प्रथम प्रतिकिया के रूप में कार्य करेंगे इन कार्य बलों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में नाबार्ड का महत्वपूर्ण योगदान है मुख्यमंत्री आज शिमला में नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य ऋण सैमीनार को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बैंकों से चिन्हित क्षमता आधारित योजनाओं को वित्त पोषित कर निवेश ऋण में सुधार करने के अलावा अधिक ध्यान केन्द्रित करने को कहा ताकि किसानों की आय में बढौतरी हो सके

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक रणबीर सिंह ने इस मौके पर बैंक की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी मारकंडा कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने कहा है कि प्रदेश सरकार कृषि आयोग गठित करेगी इस पर सरकार में गंभीरता से विचार चल रहा है कृषि मंत्री आज शिमला में हिमाचल किसान यूनियन के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मारकंडा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेकों कदम उठाए गए हैं उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान के मामले में सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है कृषि मंत्री ने किसानों को अपनी समस्याओं से सीधे सरकार को अवगत कराने को कहा ताकि उनका निपटारा किया जा सके इससे पूर्व किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगे मंत्री के सम्मुख रखीं वीरेन्द्र कंवर प्रदेश में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग के अधिकारी अब विकास खंड स्तर पर विकास योजनाओं की तीन तीन महीने की कार्य योजना तैयार करेंगे ताकि निर्धारित समय के भीतर विकास योजनाओं को पूरा किया जा सके ये बात ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज शिमला के निकट हिप्पा में शिमला संसदीय क्षेत्र और किन्नौर ज़िला के ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बीते रोज पार्टी कार्यर्ताओं के बीच हुई झड़प के मामले की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया है

उन्होंने बीते रोज के घटनाकम पर दुख जताया और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कारवाई होगी उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाशत नहीं की जाएगी सत्ती इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच शिमला में हुई झड़प को शर्मनाक बताया है उन्होंने आज ऊना में एक बयान में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के झगड़े ने प्रदेश की राजनीति को दूषित किया है और इससे लोगों के बीच राजनीतिज्ञों की छवि को ठेस पहुंची है

मुख्यमंत्री आज शिमला में एफ सीए के लंबित मामलों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण और वन मंत्रालय चंडीगढ़ के साथ हिमाचल प्रदेश को क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के साथ शामिल करने तथा मौजूदा एफआरए नियमों के सरलीकरण का मामला भी उठाया है ताकि विकास की गति में तेज़ी लाई जा सके सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं

सरवीण चौधरी आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेहलु के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के मौके पर जनसमूह को संबोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए बच्चों को अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिएं उन्होंने बच्चों से नशे से दूर रहने का भी आहवान किया

उपायुक्त संदीप कुमार ने ये जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत कोहाला कच्छयारी खोली और घुरकड़ी के लोगों से फायरिंग अभ्यास की अवधि में फायरिंग रेंज से दूर रहने की अपील की है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका को रोका जा सके

जानकारी के अनुसार इस पावर हाऊस के सप्लाई टैंक की ओवर फ़्लो पाईप के टूट जाने से विद्युत उत्पादन ठप्प है स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पावर हाऊस में आई समस्या को तुरंत दूर किया जाए ताकि उन्हें नियमित बिजली आपूर्ति मिल सके उन्होंने पूर्थी पावर हाऊस को अपग्रेड करने की भी मांग की है

जनजातीय विकास विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि पहली उड़ान भूंतर किलाड़ चंबा किलाड़ भूंतर के बीच होगी जबकि दूसरी उड़ान भुंतर तांदी भुंतर के बीच भरी जाएगी

मांग इस बीच लाहौल स्पिति ज़िला पंचायत संघ ने प्रदेश सरकार से ज़िले के सभी हैलीपैड से हैलीकॉप्टर उड़ानें करवाने की मांग की है संघ के प्रधान सत्य प्रकाश ने आज केलंग में कहा कि अभी तक केवल तांदी डाईट से ही उड़ानें हो रही हैं लेकिन घाटी में अत्याधिक ठंड के कारण लोगों को यहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है मौसम प्रदेशवासियों को एक बार फिर प्रचंड शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा पूर्वानुमानों के मुताबिक हिमालयी क्षेत्रों में आज से ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है

उधर सासे ने प्रदेश के शिमला कुल्लू लाहौल स्पिति चंबा और किन्नौर में हिमस्खलन को लेकर भी चेतावनी जारी की है इस बीच आज प्रदेश में दोपहर बाद से अधिकांश स्थानों पर घने बादल छाए हुए हैं जिससे तापमान में गिरावट आई है लोसर उत्सव लाहौल स्पिति ज़िले की तोद घाटी का लोसर उत्सव आज स्थानीय देवता की पूजा के साथ ध्रमधाम से आंरभ हो गया

इस अवसर पर गेमूर गोम्पा के मुख्य लामा नवांग रिगजिन और पूर्व प्रधान छेरिंग अंज्ञाल ने तोद घाटी की समस्त जनता और घाटी से बाहर रह रहे लोगों को नए साल लोसर की शुभकामनाएं दी हैं